इस मंच के माध्यम से प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों को बढावा मिलेगा इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाता राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तम्भ होता है और करो के माध्यम से ही देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनता है श्री मोदी ने कहा कि कम से कम कानून होने से करदाता खुश रहता है और सरकार का लक्ष्य विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से ज्यादातर मामले अदालत से बाहर सुलझाना है उन्होंने कहा कि सुधारो के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशको का विश्वास बढा है

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के कांग्रेस में विलय को चुनोती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दवाएं और अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है केन्द्र सरकार द्वारा शुरू में दी गई ये अधिकांश वस्तुएं देश में बनी हई नहीं थी केन्द्रीय स्वास्थ्य कपड़ा और औषध मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है

राज्य में कोरोना वायरस का प्रसार लगातार जारी है

राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर जयपुर शहर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में आज दोपहर डेढ बजे से आधे दिन का अवकाश घोषित किया है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बारे में एक आदेश जारी किया गया है

श्रोता अपने सुझाव माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर दर्ज करा सकते हैं